पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए जल्दी ही तंत्र विकसित करेगी

श्री मोदी ने एशिया के इस दूसरे सबसे लंबे पुल पर पहली यात्री रेलगाड़ी को भी रवाना किया

यह भारत का पहला इस्पात का पूरी तरह वेल्ड किया हुआ पुल है

अटल बिहारी वाजपेयी को अच्छे राजनेता और प्रखर वक्ता के रूप में याद किया जा जा रहा है इस अवसर पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ और कई नेताओं ने अटल जी को श्रद्वांजलि अर्पित की देशभर में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गये नई दिल्ली में राजघाट के निकट अटल जी का समाधि स्थल सदैव अटल राष्ट्र को समर्पित किया गया अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वांजलि अर्पित करने के लिए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आज जयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया आज ही पण्डित मदन मोहन मालवीय को भी उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी गई

भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता में श्री जेटली ने कहा कि इस चुनौती से निपटने का एक उपाय किसानों को अधिक आय के लिए सक्षम बनाना है उन्होंने कहा कि इसके लिए सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं में अधिक निवेश करना और उपज की खरीद में किसानों को सहयोग देना जरूरी है

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

इन्द्र विमान नाम के इस कक्ष में एक साथ पचास बच्चे डिजिटल तरीके से पढाई कर सकते हैं

उन्होंने कहा कि किसानों के मुददे और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता बने रहेंगे श्री पायलट ने आज जयपुर में एक साक्षात्कार में कहा कि ऋण माफी से पडने वाले आर्थिक बोझ से निपटने में राज्य सरकार पूरी तरह सक्षम है

आरोपित ने ये रकम रिपोर्ट से नाम हटाने की एवज में मांगी थी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति उम वैकेया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल कल्याण सिंह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने देशवासियों को किसमस की बधाई दी है

बाजार में किसमस ट्री सजे हुए हैं मध्यरात्रि को कैथोलिक चर्चो में किसमस की विशेष प्रार्थना हुई वहीं प्रभु के जन्म की आकर्षक झांकिया भी सजाई गई जयपुर के चांदपोल स्थित सेंट एन्ड्रयूज चर्च में आज सुबह विशेष प्रार्थनासभा आयोजित की गई जयप्र में बाल कैंसर रोगियों ने भी किसमस का पर्व मनाया इस अवसर पर एक निजी अस्पताल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में बाल रोगियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी सवाईमाधोपुर में आज किसमस के अवसर पर बाजारों में विशेष रौनक नजर आई हमारे संवाददाता ने बताया कि किसमस मनाने के प्रति जनता में विशेष तौर से बच्चों में बहत उत्साह नजर आ रहा है

न्यूनतम तापमान में बढोतरी के बावजूद लोगो को ठण्ड से राहत नहीं मिल रही है जालोर में ठण्ड और कोहरे से अरंडी और जीरे की फसल को नुकसान हो रहा है सीकर और चूरू में भी तेज सर्दी का असर बना हुआ है

नागौर में भी तेज सर्दी और घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है बीकानेर जिले में कोहरे के कारण आज हरियासर गांव के पास रोडवेज बस और ट्रेलर में टक्कर हो गई हादसे में पांच लोग घायल हो गये जिनमें से तीन की स्थिति नाजुक होने के कारण पीबीएम ट्रोमा सेंटर भेजा गया जहां उनका इलाज चल रहा है

पचास लाख रूपये की लागत से बनने वाले इस पार्क में फोग गुग्गल खेजड़ी और जाल जैसे पौधे लगाये जायेंगे

इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा

बाद में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर समझाइश से जाम खुलवाया

भारत की टीम में विशेषज्ञ बल्लेबाज रोहित शर्मा और ऑल राउण्डर रवीन्द्र जडेजा को चोट से उबरने के बाद फिर शामिल कर लिया गया है टीम में मयंक अग्रवाल को भी शामिल किया गया है जो इस मैच से टेस्ट मैच में पदार्पण करेंगे दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर अब तक बराबरी पर हैं

चेन्नई की टीम का यह पहला मुकाबला है जबकि हैदराबाद की टीम शुरूआती मुकाबला जीत चुकी है ये मैच शाम सात बजे शुरू होगा

जिफ के प्रवक्ता राजेन्द्र बोडा ने आज बताया कि जिफ दुनियां का सबसे बडा प्रतिस्पर्धात्मक फिल्म समारोह भी बनने जा रहा है